इस गुट का नाम हरकत उल हर्ब ए इस्लाम बताया गया है दिल्ली में सीलमपुर और प्रदेश में अमरोहा और हापुड़ में अनेक ठिकानों पर छापे मारे गये

हमारे संवाददाता ने बताया कि एजेंसी ने आज इस सिलसिले में अमरोहा और हापुड़ जिलों के कई स्थानों पर छापे मारे और पांच लोगों को गिरफ्तार किया है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि स्कूल बच्चों के प्रवेश के लिए आधार संख्या को अनिवार्य शर्त नहीं बना सकते प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय भूषण पाण्डेय ने कल नई दिल्ली में कहा कि एडमिशन के लिए आधार कार्ड की मांग करना कानूनी प्रावधानों के अनुरूप नहीं है और यह उच्चतम न्यायालय के हाल के आदेश के भी खिलाफ होगा आकाशवाणी से बातचीत में उन्होंने बताया कि प्राधिकरण को खबर मिली है कि कुछ स्कूल एडमिशन के लिए आधार कार्ड की मांग कर रहे हैं

वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि देश में कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व को लेकर पिछले चार वर्ष के दौरान नई शुरुआत की गई है नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में एक समारोह को संबोधित करते हुए श्री जेटली ने कहा कि इस नई शुरुआत की वजह से ही भारत में सामजिक क्षेत्रों को सामुदायिक आधार पर अधिक निधियां प्राप्त हो रही हैं वैश्विक प्रणाली की तुलना में देश के स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षण संस्थानों के लिए निधियों की व्यवस्था का विश्लेषण करते हुए श्री जेटली ने कहा कि विकसित देशों में ज्यादातर अस्पतालों और शिक्षण संस्थानों को बड़े पैमाने पर दान राशि प्राप्त होती है और यह धनराशि इन संस्थानों के पूर्व छात्रों से मिलती है वित्तमंत्री ने कहा कि अब देश में कुछ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों आईआईटी ने यही प्रयोग शुरु किया है उन्होंने कहा कि भारत में शिक्षण संस्थान और अस्पताल धार्मिक समूहों और समुदायों द्वारा स्थापित किए जाते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया और देना बैंक के प्रस्तावित विलय को लेकर बैंक यूनियनों की हड़ताल के कारण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सेवाएं आज प्रभावित रही हड़ताल का आह्वान यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस यूएफबीयू द्वारा किया गया है इस संगठन में अखिल भारतीय बैंक अधिकारी परिसंघ और अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ सहित बैंक कर्मचारियों के कुल नौ संगठन शामिल हैं हालांकि निजी क्षेत्र के बैंक इस हड़ताल में शामिल नहीं हैं एक सप्ताह के भीतर यह दूसरी हड़ताल है पिछले शुक्रवार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अधिकारी संघ ने इस विलय के खिलाफ एक दिन की हड़ताल की थी

यह कार्यक्रम की इक्यावनवीं कड़ी होगी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

इस विधेयक में एक साथ तीन तलाक बोलकर गैर कानूनी तरीके से वैवाहिक संबंध तोड़ने पर रोक लगाने का प्रावधान है विधेयक में तीन बार तलाक बोलकर संबंध तोड़ने को दंडनीय अपराध बनाने का भी प्रावधान है जिसके लिए तीन साल तक की सजा हो सकती है

संसदीय मामलों के राज्यमंत्री विजय गोयल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसदों को चर्चा को समय लोकसभा में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए और विशेष रूप से मुस्लिम महिलाओं को समानता का अधिकार दिलाने के लिए और उनके साथ अन्याय न हो मोदी सरकार वचनबद्ध है

अब आर्डिनेंस जो है बिल के स्वरूप में लोकसभा में आयेगा और इसी लिए लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने वहिप जारी किया है ताकि मुस्लिम महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा था जो व्हॉट्अप पे ई मेल पे टेलीफोन पे लिखकर तीन बार तलाक तलाक तलाक कह देते थे वो अन्याय उनके साथ समाप्त हो प्रदेश के अधिकांश भागों में कोहरे और शीतलहर के चलते सामान्य जन जीवन प्रभावित हुआ है मौसम विभाग के अनुसार इसके अगले कुछ दिनों तक जारी रहने की संभावना है प्रदेश के पश्चिमी जनपद इससे सर्वाधिक प्रभावित है मुजफ्फरनगर में तापमान लगातार शून्य के आसपास मंडरा रहा है हमारे प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट मुजफ्फरनगर में शीतलहर और कोहरे ने जनजीवन को थाम दिया है

दो दिन पहले तापमान जीरो डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था दिन में दस बजे तक घने कोहरे के कारण सड़कों पर अंधेरा छाया रहा सुबह के समय कोहरा और दिन में शीतलहर के चलते लोग अपने रोजमर्रा के काम भी नहीं कर पा रहे हैं बाजारों में जहां सन्नाटे की स्थिति बनी रही वहीं यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया है जिला प्रशासन ने अत्यधिक ठंड को देखते हुए बच्चों के स्कूल का समय सुबह दस बजे से तीन बजे तक कर दिया है

अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ खिलाड़ी ज्योति रंधावा को प्रदेश के वन विभाग ने बहराइच जिले में मोतीपुर फॉरेस्ट रेंज से गिरफ्तार किया है उन पर अवैध रूप से जानवरों का शिकार करने का आरोप है

पुलिस ने आकाशवाणी को बताया कि ज्योति रंधावा और उनके दोस्त महेश विराजदार पिछले कुछ दिनों से इस इलाके में थे और वन विभाग का एक दल उनकी गतिविधियों पर नजर रखे हुए था इन लोगों के पास से एक वाहन हथियार और अन्य उपकरणों के साथ साथ वन्य जीवों से संबंधित सामग्रियां बरामद की गई हैं उनके पास से जंगली सुअर की खाल दूरबीन और बंदूक भी मिली है जो रंधावा के नाम से पंजीकृत है

समाप्त